राष्ट्र के नाम सम्बोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक बहत जरूरी न हो घर से बाहर निकलने से बचें प्रधानमंत्री ने कहा कि साठ वर्ष से ऊपर उम्र के लोग अगले कुछ सप्ताह तक घर में रहने की विशेष सतर्कता बरतें प्रधानमंत्री ने नागरिकों से कल सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करने का आग्रह किया जनता कर्फ्यू यानि जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू इस जनता कर्फ्यू के दौरान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले

घरों में ही रहें तो बाईस मार्च को हमारा यह प्रयास आत्मसंयम देश हित में करते हुए पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान अनिवार्य सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर अन्य लोग घर से बाहर न निकलें उन्होंने कहा कि रविवार को लोगों का यह प्रयास राष्ट्रीय हित में कार्य करने के संकल्प और संयम का प्रतीक होगा प्रधानमंत्री ने देशवासियों से उन लोगों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने का अनुरोध किया जो अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की हिफाजत में लगे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये कल सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करने का लोगों से आह्वान किया है उन्होंने अपने ट्वीटर संदेश में कहा कि हम सब संगठित होकर देश हित में इस कर्तव्य पालन का संकल्प लें इस बीच आज आधी रात से कल रात दस बजे तक यात्रा प्रारम्भ करने वाली सभी ट्रेन रद्द कर दी गयी हैं हालांकि जो ट्रेन सेवारत हैं उनका परिचालन जारी रहेगा प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कई उपायों की घोषणा की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वायरस के प्रकोप से प्रभावित होने वाले दिहाड़ी मजदूरों को एक हजार रूपये मुआवजा और एक महीने का मृफ्त अनाज देने की घोषणा की है प्रदेश के बीस लाख सैंतीस हजार श्रमिकों के बैंक खातों में मुआवजे की राशि अन्तरित की जायेगी राज्य सरकार ने जनता कर्फ्यू के दौरान कल महानगरों सरकारी और सिटी बसों को बंद करने की भी घोषणा की है कल प्रदेश के सभी मॉल सिनेमा हॉल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बन्द रहेंगे इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह की कोविड नाइन्टीन सक्रमण की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई है उन्होंने एक पार्टी में भाग लिया था जहां कोरोना वायरस से संक्रमित बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर मौजूद थीं उधर प्रदेश में आज कोरोना से संक्रमण के दो और मामलों की पुष्टि हुयी इसके साथ ही राज्य में कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या पच्चीस हो गयी है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा के लिए बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करने की सलाह दी है मंत्रालय ने लोगों से बड़ी संख्या में एकत्र न होने और सामूहिक आयोजनों में शामिल होने से बचने को कहा है खांसी और बुखार होने की स्थिति में अन्य लोगों के निकट संपर्क में न आने की सलाह दी गई है

साबुन और पानी से बार बार हाथ धोने तथा खांसते छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल या टिशू पेपर रखने का भी परामर्श दिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमण के बारे में पूछताछ के लिए टोल फ्री नंबर एक शून्य सात पांच जारी किया है प्रदेश सरकार ने भी हेत्यलाइन नम्बर जारी किया है यह नम्वर है एक आठ शुन्य शुन्य एक आठ शुन्य पांच एक चार पांच सरकार ने कोविड नाइन्टीन के बारे में पूछताछ के लिए व्हाट्सएप चैटबोट शुरू किया है

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना जागरूकता श्रृंखला पर परिचर्चा प्रसारित करेगा

यह कार्यक्रम आज रात साढ़े नौ बजे से एफ एम गोल्ड और अंतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है कार्यक्रम हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम और यू ट्यूब चैनल न्यूज ऑन ए आई आर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा

गोरखपुर वाराणसी चंदौली बलिया आजमगढ़ भदोही हमीरपुर चित्रकूट कौशाम्बी और आसपास के इलाकों में पिछले चौबीस घंटों में हत्की से तेज वर्षा दर्ज की गई मिर्जापुर में तेज हवाओं के साथ आज ओलावृष्टि का भी समाचार है उधर कुशीनगर जिले में आकाशीय बिजली गिरने से आज दो लोगों की मौत हो गयी और दो अन्य गंभीर रूप से झुलस गए